बजट सत्र को लेकर आज विधानसभा परिसर में सर्वदलीय नेताओं और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई बैठक में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदस्यों से शांतिपूर्ण ढंग से सत्र चलाने में सहयोग की अपील की बैठक में सत्र के लिए रूपरेखा भी तैयार की गई संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि जनहित के विषयों पर सदन के अन्दर विचार विमर्श किया जायेगा नेता प्रतिपक्ष इन्दिरा हृदयेश ने सदन को पूरी तरह से चलाने में सहयोग का आश्वासन भी दिया है

सत्र को देखते हुए विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है वहीं देहरादून शहर का रूट डायवर्ट भी किया गया है सुशील मोदी बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आज देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भारत के मन की बात मोदी के साथ जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार का घोषणा पत्र जनसंवाद के जरिए तैयार किया जा रहा है ताकि एक नए भारत का उदय हो सके

मुख्यमंत्री ने राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकास रथों को फ्लैग ऑफ के मौके पर हुए ये बात कही

सांस्कृ तिक दल नुक्कड़ नाटकों और गढ़वाली कमाऊंनी और जौनसारी बोलियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के कलाकारों के अभिनय कौशल और ऊर्जा का प्रदेश हित में सही उपयोग हो सके इसके लिए सांस्कृतिक दलों के पारिश्रमिक में तीन गुना वृद्वि की गई है विकास रथों से एलईडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी

गौरादेवी पर्यावरण भवन मुख्यमंत्री ने आज उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रद्रषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय भवन गौरादेवी पर्यावरण भवन का लोकार्पण किया इस मौके पर गौरा देवी को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका आन्दोलन विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए चेतना का प्रमुख कोन्द्र बना उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा और पानी मिले इसके लिए पर्यावरण जल संरक्षण की दिशा में सबको योगदान देने की जरूरत है इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कहा कि गौरा देवी के नाम पर पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय भवन का नाम रखा गया है गौरा देवी का पर्यावरण चेतना का प्रयास पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता का प्रमुख कारणा बना

पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया है

जिन लोगों की हालत ज्यादा गम्भीर है उन्हें ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है इसके अलावा सरकारी और निजी अस्पतालों में भी प्रभावित लोगों को भर्ती कराया गया है

भगवानपुर के बल्लूपुर गांव में पुलिस ने डेरा डाला हुआ है वहां से कई लागों के शक के आधर पर हिरासत में लिया गया है लंबे समय से कच्ची शराब के गोरखधंधे में लिप्त करीब आठ परिवार के लोग फरार हो गए हैं जिनकी तलाश की जा रही है वहीं अपर जिलाधिकारी ललित नारयण मिश्र ने रूड़की पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सीमावर्ती गांव में जहरीली शराब के सेवन के कारण हई कई लोगों की मौत के बाद सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को टीम बनाकर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि घटना की पुनरावृत्ति रोके जाने के लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई है जिसे अग्रिम आदेशों तक रूड़की में ही कैंप कर अवैध मदिरा रोकने के निर्देश दिये गये हैं सहारनपुर मण्डल के मण्डल आयुक्त से सम्पर्क कर सहारानपुर और हरिद्वार के अधिकारी मिलकर सीमावर्ती संदिग्ध गांवों में दबिश दी जा रही है जहरीली शराब के प्रकरण में प्रथम दु ष्टया मैथाईल एल्कोहॉल के होने के सम्भावना को देखते हुए राज्य में स्थित सभी मेथाईल एल्कोहॉल से सम्बन्धित अनुज्ञापनों की जांच भी करायी जा रही है बसंती पंचमी आज बसंत पंचमी प्रदेश में ध्रमधाम से मनाई गई आज ही श्री बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के मुहूर्त की भी घोषणा की गई

आज टिहरी राजदरबार में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया

बसंत पंचमी के अवसर पर सुबह से ही प्रदेश की पवित्र नदियों में स्नान का सिलसिला भी शुरू हो गया खासकर हरिद्वार में दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे मंदिरों में भी श्रद्दालुओं की भीड़ देखी गई वहीं घरों में भी लोगों ने पीले कपड़े पहनकर मां सरस्वती की उपासना की बागेश्वर जिले में सरयू नदी के तट पर सूरजकुंड में बट्कों के कर्णभेद और यज्ञोपवित संस्कार सम्पन्न हुए लोगों ने मंदिरों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की बसंत पंचमी का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन का सूचक है जो कि माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है बसंत पंचमी पर बच्चों को पहली बार अक्षर बोध कराया जाता है कला संगीत और लेखन से जुड़े लोगों के लिए भी इस पर्व का विशेष महत्व है

कुंभ स्नान उत्तर प्रदेश में आज प्रयागराज के कुम्भ मेले में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे और अंतिम शाही स्नान के दौरान श्रद्वालुओं का हजूम उमड़ पड़ा भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने इबकी लगाई आज दो करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्वालुओं द्वारा पहने गए पीले वस्त्रों के कारण पूरे कुंभ क्षेत्र में अद्भुत और दिव्य नजारा दिखाई दिया रेलवे लाइन सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाईन निर्माण से लोगों की वर्षो पुरानी मांग पूरी होगी उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच रेल लाईन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है जबकि चारधाम सम्पर्क के फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य प्रगति पर है शनिवार को मुख्यमंत्री ने जानकी सेतु ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाईन का निरीक्षण करने के बाद कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की राह प्रशस्त होगी इस योजना के पूर्ण होने से प्रदेश के पर्यटन में बहुत बदलाव आएगा

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुल का निर्माण कार्य लगभग एक वर्ष में पूरा होगा वहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ऋषिकेश इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन और एस टीपी योजना का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया